भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एन पी सी आई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने क्ल चौवन हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के इकतीस करोड़ लेन देन हुए जो पिछले महीने के मुकाबले चौदह प्रतिशत ज्यादा है जुलाई में इक्यावन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के सत्ताईस करोड़ तीस लाख लेन देन हुए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में यू पी आई की इस उपलब्धि की सराहना की है यू पी आई का लक्ष्य डिजिटल भूगतान को बढ़ावा देने का है ताकि देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बल मिले विमुद्रीकरण के बाद के दो वर्षो में यू पी आई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में अमूतपूर्व वृद्धि हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शीघ्र ही गोरखपुर से कलकत्ता मुंबई और काठमाण्डू के लिये विमान सेवा गुरू की जायेगी उन्होंने कहा कि गोरखपुर से विमान यात्रियों की बढ़ी संख्या को पूर्ववल के विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री आज गोरखपुर एयरपोर्ट के नये टर्मिनल भवन के उद्घाटन और गोरखपुर और दिल्ली के बीच नयी विमान सेवा के शुभारम्भ के बाद आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुर्य केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग और नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रमु ने कहा कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है इस अवसर पर केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि हवाई किराये र्क काफी कम हो जाने से आम लोग भी इस सेवा का लाम लेने लगे हैं कार्यक्रम में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल नंदी सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे प्रदेश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्वा भक्ति और पारम्परिक उल्लास के बीच समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्रीकृष्ण के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंव रहे हैं वाराणसी में कारागार मंदिरों और घरों को आकर्षक झालरों से सजाया गया है और जगह जगह पर भगवान कृष्ण के जन्म की आकर्षक झांकी सजायी गयी है भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व आज ध्रमधाम से मनाया जा रहा है वहां पर पर्व का विशेष उत्साह है श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्वालु मथुरा पहुंच गये हैं बारिश के बावजूद मथुरा में श्रद्वालुओं का उत्साह चरम पर है सम्पूर्ण ब्रजमण्डल में जन्माष्टमी की धूम मची हयी है बरसते पानी और भारी भीड़ के बावजूद जन्माष्टनी के उत्साह में शामिल होने के लिए कृष्ण की नगरी मथुरा में लाखों लोग पहुंच चुके है संपूर्ण बुजमंडल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की घूम मची हुई है यहां कृष्ण जन्मममि में सुबह मंगला आस्ती हुई है और लाखों श्रदाल्यों ने मगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर पुष्य प्रापि की कृष्ण जन्मदूमि के साथ ही मथुरा कृन्दायन गोखुल नन्दग्राम गोबर्षन और बरसाना में सभी मंदिरों को फूलों और खूबसूत लाइटों से सजाया गया है

प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में भी बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धाल जन्माष्टमी की महिमा के दर्शनों के लिए पहचे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज रूक रूक कर वर्षा का सिलसिला जारी है बारिश से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है बारिश की वजह से पिछले अट्ठारह घंटे के दौरान दस लोगों की मौत होने की खबर है उधर कई जिलों में नदियों का पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं माताटीला बांघ से पांव लाख क्युसेक पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर जिले में अधिकारियों को सतर्क रहने के लिये कहा गया है इस पानी से यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर चार से पांव मीटर तक बढ़ जाने की आशंका है गंगा पर बने नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने से सम्मल और कन्नौज जिलों के कई गांवों में बाढ़ आ गयी है केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा रामगंगा शारदा घाघरा और कुआनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है वहां के जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रमावित क्षेत्रों में कैम्प करने का निर्देश दिया है बस्ती जिले में सरयू नदी खतरे के निशान से सत्तावन सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी के रूख को देखते हुये तटवर्ती इलाकों के ग्रामीण दहशत में हैं मऊ जिले में आज घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से चौवालिस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया तटवर्ती इलाकों में खतरे से निपटने के लिये बोल्डर और बालू भरी बोरियां गिरायी जा रही है